उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सबसे बड़ा समाज सेवक बनाया

नागौर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती सप्ताह के तहत आज महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया

इस दौरान अलवर जिले में बाल श्रम और बाल विवाह को खत्म करने का अभियान चलाने के वास्ते पायल जांगिड़ को सम्मानित किया गया झालावाड़ में प्लास्टिक पर रोक और स्वच्छता संबंधी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया उधर श्रीगंगानगर में कल इस सप्ताह के सफाई अभियान चलाया जाएगा

श्री मिश्र आज जयपुर में शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने वीरांगनाओं को प्रणाम और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों की शहादत निरर्थक नहीं जाएंगी

समारोह को दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख मेजर जनरल बी पी सिंह ने भी संबोधित किया नागौर में आज सेना के पूर्व सैनिकों वीरांगनाओं और वीर नारियों की रैली का आयोजन किया गया साथ ही स्टेडियम में शिविर लगाकर पूर्व सैनिकों उनके परिवार जनों के दस्तावेजों संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया

श्री शाह आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद बोल रहे थे

इस अवसर पर रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देश के साढे छह हजार स्टेशनों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी

इन बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़कर निगरानी में रखा गया है महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव केकेपाठक ने आज जयपूर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि अभियान में एनएचएम यूनिसेफ और कई संगठनों का सहयोग लिया गया

इस आशय के आदेश सभी संयुक्त निदेशकों और जिलों के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी किए गए आदेश के अनुसार अब मरीज जिस भी चिकित्सक को दिखाने जाएगा वह अपने विवेक के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की उम्र का अंदाजा लगाकर उन्हें इलाज और जांच की मुफ्त सुविधा प्रदान कर सकेगा गौरतलब है कि एमआरआई सहित पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की कई महंगी जांचे मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में शामिल नहीं है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को यह निशुल्क उपलब्ध होती है

उन्होंने कहा कि इसके लिए मंत्रालय ने कई नये कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं वे आज नई दिल्ली में वृद्धजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के सिलसिले में वरिष्ठ नागरिकों और वृद्वजनों के लिए वाकाथॉन को रवाना करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे

श्री पासवान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास तमाम उपाय है

स्टॉक सीमा निर्धारित किए जाने से भी प्याज के मूल्य में कमी आई है उन्होंने कहा कि सितम्बर से नवम्बर के दौरान आलू प्याज और टमाटर के दाम बढने की प्रवृति रही है क्छ ही दिनों के अंदर प्याज की नयी फसल आ जाएगी जिससे इसके मूल्य को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी

ऋण मेले का पहला चरण चार दिन तक चलेगा इसमें खुदरा कृषि वाहन आवास लघु और मध्यम उद्योग शिक्षा और निजी श्रेणी के ऋण वितरित किए जाएंगे

आज एसबीआई की ओर से जयपुर में ऋण मेला लगाया गया

ढाई से तीन साल का ये बाघ हाल ही एक अन्य बाघ से लड़ाई के बाद घायल हालात में मिला था हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि वन विभाग की ओर से इसका उपचार करवाया जा रहा था

अतिरिक्त महानिदेशक तथा राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत परिसर में पॉलीथीन डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोतल गलास कप प्लेट के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है